केन्द्रीय खेल और युवा मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उदघाटन किया देश के हर जिले में आयोजित होगा यह महोत्सव प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन होगा और विद्यार्थी परामर्श केन्द्र स्थापित किए जाएंगे

जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण प्रदेश में शीत लहर चलने से फिर बढ़ी सर्दी जैसलमेर में हुई बारिश

आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले साढे चार साल के कामकाज को देख कर जनता का भाजपा पर भरोसा पक्का हो गया है उन्होंने कहा कि यह बड़े आश्चर्य और गर्व की बात है कि जिस पार्टी के कभी संसद में दो सदस्य थे वह आज इतने बड़े पैमाने पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही है

उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय वाजपेयी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का भी आह्वान किया

राजनीतिक प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

श्री मोदी ने अपने टवीट संदेश में कहा कि स्वामी जी को युवा शक्ति पर अट्ट विश्वास था सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की सोच अपने समय से बहत आगे की थी प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्यपाल कल्याण सिंह ने युवाओं का आहवान किया कि सहनशीलता का परिचय देकर कार्य करे ताकि वे आगे बढ़ सके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानन्द के विचार और आदर्श युवाओं में शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं

इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री राठौड ने कहा कि देष के हर जिले में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जायेगा

श्री राठौड ने कहा कि युवा संसद विष्व का सबसे बडा यूथ फेस्टिवल होगा

यह सिक्का गुरु गोबिन्द सिंह की जयंती पर आयोजित समारोह में जारी किया जाएगा राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरू गोविन्द सिंह की जयन्ती पर प्रदेशवासियों को शुभकानाएं दी ँहै राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरू गोविन्द सिंह द्वारा दिया गया मानवता का संदेश हमारे समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए आज भी प्रासंगिक है

उन्होंने कहा कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी परामर्श केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ भविष्य के लिए रोजगार मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी अगले शिक्षा सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा

आकाषवाणी से विषेष बातचीत में श्री खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज के बर्बाद होने के पीछे लोक परिवहन सेवा एक मुख्य कारण है श्री खाचरियावास ने कहा कि जो वादे किये हैं उन्हें निभाया जायेगा और रोडवेज को फिर से मजबूत किया जायेगा उन्होंने कहा कि परिवहन कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को बेहतर सेवाए सुनिष्वित करना उनकी प्राथमिकता है

उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों तथा उपभोक्ता न्यायालयों के प्रकरणों को रिव्यू कर एक समिति बनाकर उनको निस्तारित कराने के भी निर्देश दिए

निर्वाचन विभाग प्रदेशभर में इन दो विशेष दिनों में मतदाता सूची नवीनीकरण अभियान के तहत मतदान केन्द्रों पर शिविर आयोजित कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेगा

इंजीरियरिंग विभाग के वरिष्ठ रेलकर्मी अब्दुल रफीक ने यह झंडा फहराया उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान गाया गया तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया

बीकानेर के जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने उत्सव का शुभारम्भ किया

पुलिस उपायुक्त दक्षिण योगेश दाद्यीच ने बताया कि बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार तथा तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गई है गिरोह ने भरतपुर तथा हरियाणा के हिसार में भी नकबजनी सहित अन्य घटनाओं को अंजाम दिया था पुलिस मामले की जांच कर रही है

संगोष्ठी में शिक्षा तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया कि जैसलमेर में कार्यरत रहते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट से निरन्तर संपर्क में रहते हुए सामरिक महत्व की सूचनाए साझा करने के मामले में सोमवीर को गिरफ्तार किया गया है

जैसलमेर जिले में आज सुबह बारिश के समाचार है